उन्होंने कहा कि इसी उदेश्य से पिछले वर्ष धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टस मीट आयोजित की गई थी मुख्यमंत्री आज सोलन जिले में कंडाघाट के समीप एक निजी स्कूल के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये स्कूल अपने उदेश्यों को प्राप्त करने में सफल रहेगा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी इस दौरान मौजूद रहे जनमंच इस बीच मुख्यमंत्री ने मंडी जिले में सिराज विधानसभा क्षेत्र के सरोआ में आज जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की

उन्होंने कहा कि जनमंच के अलावा जन शिकायतों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन भी शुरू की गई है वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे

प्रधानमंत्री ने लोगों से विचार भेजने का आग्रह किया है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या ऑन माइ जीओवी पर लिख सकते हैं

योजना राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और स्वावलम्बन के लिए कौशल विकास भत्ता योजना शुरू की है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई है उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचकर निजी उपक्रमों को राहत देते हुए उन्होंने बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है कुलदीप राठौर ने कहा कि इसके अलावा देश की जनता पेट्रोल व गैस की कीमतों में वृद्धि से भी परेशान है विधिक साक्षरता कुल्लू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शाढ़ाबाई की मशगां और कलैहली पंचायत में आज विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया इस अवसर पर ज़िला व सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है तीरंदाजी हिमसंवाद और लाहौल प्रैस कल्ब के संयुक्त तत्वावधान में केलंग में हिमसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसके तहत आज तीरंदाजी प्रतियोगिता करवाई गई हिमसंवाद संस्था के सहप्रायोजक मोहन लाल रेलिंगपा ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिला व जनजातीय अधिकार सहित अटल टनल के बन जाने से घाटी में पर्यटन संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया शिविर ऊना के आयुर्वेदिक अस्पताल में आज निशुल्क बहुउदेश्यीय चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया उपायुक्त संदीप कुमार ने शिविर के शुभारम्भ अवसर पर जरूरतमंद लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर बल दिया

मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में इन दिनों खिल रही धूप के चलते लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल रही है जनजातीय इलाकों के न्यूनतम तापमान में भी हल्का सुधार हुआ है हालांकि सुबह शाम लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है